प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत में बदलाव और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड बांटने की श्रूआत की

श्री मोदी ने कहा कि इन कार्ड के जरिये गांव के लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक मिल जायेगा तथा वो बैंक से कर्ज व अन्य सहलियतें भी ले सकेंगे उन्होंने कहा कि इस पहल से उनके जायदाद पर नजायज़ कब्जे भी रूकेंगे लाभपात्रियों ने प्रधानमंत्री का धनयवाद करते हये इस कार्यवाही की प्रंशसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में ऐतिहासिक बदलाव आयेगा स्वामित्व योजना इस वर्ष के अप्रक्ष में श्रू की गई थी

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में असाधारण कार्य किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का असाधारण विकास संभव हो

इन पंचायतों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा जिसके तहत आज रोहतक के लघ् सचिवालय में हए कार्यक्रम में रोहतक से भाजपा सांसद डा अरविंद शर्मा ने लाभार्थियों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किए

रेवाड़ी में स्वामित्व योजना कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने कान्हावास गांव के लोगों को प्रापर्टी कार्ड वितरित किये डा बनवारी लाल ने कहा कि इस योजना से गांवों में शहरों की तर्ज पर विकास होगा व यहां सम्पति पर आये दिन होने वाली लड़ाईयां भी कम होगी

स्वामित्व योजना के तहत सिरसा में लाल डोरा से म्क्त की गई ज़मीन के स्वामित्व कार्ड वितरित किये गये खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ने ई दिशा केन्द्र में सम्बधित मालिकों को रजिस्ट्री सौंपी यहां भी प्रधानमंत्री ने आज का कार्यक्रम ऑन लाइन स्ना गया

यहां के छछरौली गांव क तुगलपुर के लाभर्थी मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बात भी की

अम्बाला जिले कें गांव दहिया माजरा में राष्ट्र जागरण मंच की ओर रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें महिलाओं ने खून देने हेतु काफी उत्साह दिखाया

आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में यहां के उपाय्क्त कप्टन मनोज मौजूद थे इस दौरान बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा की र्ग और लोगों का इस सम्बध में शपथ दिलाई गई अम्बाला शहर में महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर व अपाय्क्त अशोक अशर्मा उपस्थित थे श्री शर्मा ने कहा कि हमे ये एक दिन न मना कर बेटियो के लिए हमेशा ही मनाना चाहिए उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लिंगानुपात में अम्बाला पंचकूला के साथ अग्रणी था और म्ख्यमंत्री ने इस हेत् अम्बाला को सम्मानित किया था

हरियाणा राजस्व विधिक सेवायें प्राधिकरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के सम्मान को जरूरी बताते हये बाल विवाह दहेज प्रथा भ्रण हत्या को जड़ से समाप्त करने की जरूरत बताई हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के गवर्नमैंट एडिड व सा्रफ फाइनेंसिंग कालेजों की स्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले अन्सूचित जाति के विद्यार्थियों की फीस व फंड न लेने के बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गवर्नमैंट एडिड व सप्तफ फाइनेंसिंग कालेजों में स्नातक कक्षाओं में अन्सूचित जाति के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्रोविजनल दाखिला करते समय उनसे फीस व फंड नहीं लिया जाएगा बशर्ते वे पोस्ट मप्ट्रिक स्कोलरशिप लेते हों संबंधित कालेजों के प्राचार्यों को ऐसे विदयार्थियों से उनके दाखिला के तृरंत बाद चालू वित्त वर्ष में उनके परिवार की ढ़ाई लाख रूपए से कम आय होने का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करना होगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान दवारा समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से आमदनी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया